राष्ट्रपति आज शाम ऋषिकेश में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के पहले दीक्षांत समारोह को भी संबोधित करेंगे

प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से विकास और समावेशन पर कम खर्च आता है नई दिल्ली में वित्तीय समावेशन सम्मेलन में श्री रविशंकर प्रसाद ने आज कहा कि सरकार देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का प्रयास कर रही है सम्मेलन में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा कि वित्तीय समावेशन के लिए प्रौद्योगिकी की अहम भूमिका होती है

आज जयपूर में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री आजाद ने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य की भाजपा सरकारों ने जो वादे किये उनमें से कोई वादा पूरा नहीं किया गया

उन्होंने कहा कि पर्यटन विनिर्माण सेवा क्षेत्र और मुद्रा योजना से लाखों की संख्या में रोजगार पैदा हृए हैं

सवाईमाघोपुर नगर परिषद द्वारा कचरा संग्रहण करने वाले वाहनों पर भी मतदान अवश्य करने का संदेश दिया जा रहा है ब्रंदी में मतदाता जागरूकता के लिए आरंभ की गई कार्टून श्रृंखला में आज सियाणा काका की सहचयोगी पात्र सयानी काकी भी आ गई दोनों के बीच ठेठ हाड़ौती में हुए रोचक संवाद के जरिए मतदाताओं को संदेश दिया जा रहा है चूरू में स्वीप टीम ने मिठाइयों के डिब्बों और पुस्तकों की दुकानों पर पुस्तकों पर मतदान अवश्य करें के संदेश वाले स्टीकर लगाए गए

इस बीच आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में चिकित्सा और स्वास्थ्य विमाग ने अजमेर के उप मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉ लाल थदानी को निलम्बित कर दिया है डॉ थदानी पर अजमेर में कांग्रेस के सांसद रघू शर्मा के कार्यक्रम में भाग लने के आरोप में शिकायत की थी जो जांच में सही पाई गई

बूथ महा जनसम्पर्क अभियान के तहत सुनेल कस्बे में आयोजित बूथ सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए श्रीमती राजे ने कहा कि कांग्रेस को गलतफहमी हो गई है कि वह सरकार बना लेगी लेकिन उसका यह सपना पूरी नहीं होगा

आज जयपुर जिले के पावटा कस्बे में जनसभा को सम्बोधित करते हुए श्री तिवाड़ी ने कहा कि देश में सबसे ज्यादा कर्जदार किसान और छोटे व्यापारी है जबकि काँरपोरेट जगत के लोगों के कारण सबसे ज्यादा कर्ज डबा है

स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार एनआईवी ने पिछले दिनों जीका वाइरस के फैलने के दौरान विभिन्न समयों पर वाइरस की पांच प्रजातियों की जांच की एनआईवी ने अपने अध्ययन में पाया कि एडीज मच्छरों में मौजूद जीका वाइरस की प्रजाति और जयपुर में पायी गयी इसकी प्रजाति में अंतर है तथा जयपुर का वाइरस उतना सकामक तथा घातक नहीं है इस बीच पिछले चार दिनों से जयपुर में जीका वाइरस का कोई नया मामला सामने नहीं आया है हालांकि स्वास्थ्य विमाग की ओर से लार्वारोघी अभियान निरंतर जारी है

जैसलमेर के मोहनगढ गांव में करंट लगने से एक ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई

सीकर जिले के रामगढ क्षेत्र में रूकनसर बस स्टेण्ड पर सड़क के किनारे बैठी दो महिलाओं को ट्रक ने कुचल दिया जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई

चूरू जिले के रतनगढ में पीसीपी एनडीटी की टीम ने फर्जी तरीके से भ्रूण लिंग की जांच करवाने के मामले में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है